भाजपा के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पाली जिले में शांति प्रतिमा का अनावरण किया कहा यह प्रतिमा विश्व शांति और अहिंसा प्रेरणा स्रोत बनेगी राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडियाकर्मियों को शुभकामनाएं दी कहा प्रेस की आजादी पर हमला उचित नहीं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

जदयू नेता नीतीश कुमार ने आज सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली पटना स्थित राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सात में से दो नेताओं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जबकि पांच नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली वहीं जदयू र्क पांच नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली नीतीश कुमार को कल पटना में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया था

प्रधानमंत्री ने श्री नीतीश कुमार को बधाई दी है इधर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है

विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक सौ उनतीस कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जबकि दो सौ इक्यानबे मरीज ठीक हुए हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि अब तक बयासी लाख उनचास हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं देशभर में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मरीजों में से अब सिर्फ पांच दशमलव दो छह प्रतिशत में ही संक्रमण मौजूद है इस समय चार लाख पैंसठ हजार मरीज इलाज करा रहे हैं

दिल्ली के वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्याल और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता ने कहा है कि लोगों को सामान्य वायरल बूखार और कोरोना महामारी के बीच के अंतर को समझना चाहिए आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने यह अंतर स्पष्ट किया

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी ने नदी तालाब झील और डैम जैसे सार्वजनिक जलाशयों पर छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगा दी है

वहीं नदियों अथवा जल स्रोतों के आसपास दकान स्टॉल लगाने बिजली के बल्बों से सजावट करने और सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी छठ के अवसर पर संगीत और मनोरंजन के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी पूर्ण रोक रहेगी इधर राज्य में विभिन्न पूजा समितियां और राजनीतिक दलों ने छठ पर्व के आयोजन को लेकर जारी गाइडलाइंस में संशोधन करने की मांग सरकार की है श्री महावीर मंडल डोरंडा केंद्रीय समिति ने ने कहा कि कोरोना से बचाव के उपाय कर तालाब और नदियों पर पूजा करने की अनुमति दी जाये झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर छठ महापर्व से संबंधित सरकारी निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है विनोद कुमार पांडेय ने कहा है कि पिछले सात महीनों में अनेक धार्मिक एवं राष्ट्रीय पर्वो में लोगों ने कोरोना से बचाव के हर दिशा निर्देश का पालन किया है उन्होंने आग्रह किया कि महापर्व के दौरान सीमित संख्या में छठ व्रतियों को नदी तालाबों आदि घाट पर सूर्यदेव की उपासना की अनुमति प्रदान की जाये प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाक्र और युवा कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता उज्ज्वल तिवारी ने भी राज्य सरकार से गाइडलाइंस में पूनर्विचार करने की मांग की है वहीं भाजपा सांसद दीपक प्रकाश और विधायक सीपी सिंह ने रांची में डोरंडा स्थित बटन तालाब में उतरकर जारी दिशा निर्देशों का विरोध किया और महापर्व में पुनविर्चार कर संशोधित गाइडलाइन जारी करने की मांग की इधर दिशा निर्देशों का हो रहे विरोध पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि लोगों की जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सभी के लिए स्वास्थ्य हेल्थ फॉर ऑल के बिना भविष्य बेहतर नहीं हो सकता है आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की डिजिटल माध्यम से अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वैश्विक भागीदारी और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश पर बल दिया डॉक्टर हर्षवर्धन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य दायित्वों के कुशल प्रभावी और उत्तरदायी निर्वहन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन सदस्य राष्ट्रों और भागीदारों के वैश्विक समुदाय के साथ काम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की

समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नया साल आध्यात्मिक आभा का वर्ष है और प्रेरणा देने वाला है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रतिमा विश्व के लिए शांति और अहिंसा की प्रेरणा का स्रोत बनेगी उन्होंने कहा कि आचार्य वल्लभ ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया उन्होंने कई राज्यों में कई शिक्षा संस्थानों की स्थापना की प्रधानमंत्री ने कहा कि देश महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन संस्थाओं का ऋणी है श्री मोदी ने संतों और महात्माओं से आग्रह किया कि वे वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों को अधिक महत्व देने के संदेश को अपने अनुयायियों तक पहुंचाएं उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व को हमेशा मानवता शांति अहिंसा और भाईचारे का रास्ता दिखाया उन्होंने कहा कि यही वह संदेश है जिसकी प्रेरणा भारत विश्व को देता रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी के लिए विश्व आज एक बार फिर से भारत की ओर देख रहा है नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान को कृषि शोध गतिविधियों के लिए ड्रोन की तैनाती की सशर्त अनुमति दे दी है उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अम्बर दुबे ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में विशेषकर उम्दा कृषि टिड्डा नियंत्रण और फसल पैदावार में सुधार के लिए ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी उन्होंने कहा कि सरकार देश के छह लाख साठ हजार से अधिक गांवों के लिए कम लागत पर ड्रोन उपयोगों को देखने के लिए युवा उद्यमियों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रही है आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है

आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने कार्य करना शुरू किया जिस का गठन प्रेस के उच्च मानदंड बनाए रखने और उसे बाहरी पाबंदियों दबावों और खतरों से बचाने के लिए नैतिकता के प्रहरी के रूप में किया गया था सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडियाकर्मियों को शुभकामनाएं दी है इस अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आयोजित एक वेबिनार में श्री जावडेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी पर हमला उचित नहीं है उन्होंने कहा कि सरकार हस्तक्षेप करके किसी आजादी को रोकना नहीं चाहती लेकिन यह प्रेस की जिम्मेवारी है पलामू जिले में नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को सफलता मिली है पुलिस ने रामगढ़ थाना क्षेत्र के बांसडीह खुर्द में मुखिया से लेवी वसूलने आए उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है दोनों को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया मेदिनीनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के विजय शंकर ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी डबलू सिंह और अखिलेश सिंह हैं उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के समय उनके पास से एक देसी कट्टा दो गोली जेजेएमपी के पोस्टर और एक मोटरसाइकिल बरामद की गयी पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सिविल सर्जन डॉ जॉन ऑफ केनेडी को हसैनाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से घायल हुए बच्चे के बेहतर इलाज का निर्देश दिया है बच्चे के इलाज की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है दुमका जिले शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र अवैध रूप से पत्थर खदान चलाने वाले आदित्य गोस्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अवैध खदान संचालन की जांच करने पहुंची टीम पर आदित्य गोस्वामी के लोगों ने पत्थरबाजी की थी लोहरदगा जिले में नक्सलियों ने रविवार की रात एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी घटना सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के मुंगो चौक की है

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उलीहातू में कल भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया केंद्रीय मेंत्री ने बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात भी की